इनमें बलरामपुर बीजापुर दंतेवाड़ा जशपुर कांकेर कोंडागांव कोरिया नारायणपुर सुकमा और सूरजपुर जिला शामिल हैं इन जिलों में यह मॉकड़िल सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक हुआ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि मॉकड्रिल के दौरान को विन ऐप में एंट्री से लेकर वैक्सीन लगाने तक कितना समय लगा यह देखा गया यह मॉकड्रिल हर जिले के एक शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्र में किया गया कोरिया जिले में तीन जगहों पर कोरोना टीकाकरण का मॉकड्रिल किया गया इस दौरान टीका लगाने से लेकर वैक्सीन को लाने और सुरक्षित ले जाने का ट्रायल भी हुआ जिला कलेक्टर सत्यनारायण राठौर की उपस्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पटना में कोरोना वैक्सीन का सफल मॉकड्रिल किया गया उधर बीजापुर जिले के तीन विकासखंडों में भी कोरोना टीकाकरण के लिए ड्राई रन हुआ प्रत्येक विकासखंड में पच्चीस पच्चीस लोगों को टीका लगाने का अभ्यास किया गया इनमें स्वास्थ्यकर्मी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिनें शामिल थीं वहीं कल आठ जनवरी को बालोद बलौदाबाजार बेमेतरा धमतरी गरियाबंद जांजगीर चांपा कवर्धा कोरबा महासमुंद मुंगेली और रायगढ़ जिले में कोरोना टीकाकरण की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा इस बीच राजनांदगांव जिले में संचालित सभी शासकीय और निजी अस्पतालों नर्सिंग होम पैथोलॉजी लैब डायग्नोस्टिक सेंटर फिजियोथेरपी और डेंटल क्लीनिक के संचालकों का को विन पोर्टल पर कोरोना टीकाकरण के लिए आठ जनवरी तक पंजीयन किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में इसकी तेजी से आपूर्ति करने का प्रयास कर रही है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है दो वैक्सीन्स ऐसी हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं जिनके बारे में सारे देश ने जो घोषणा है उसको सुना है कि दो हमारी वैक्सीन्स जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है और उन वैक्सीन्च्स को देश की समाज की समाज के लोगों की कोविड से सुरक्षा के लिए इन वैक्सीन्स का इस्तेमाल करने की स्टेज के अंदर हम सब लोग आज आकर खड़े हो गए हैं और कुछ ही समय बाद हम लोग यह सारी प्रक्रिया को शुरू करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश ने पिछले एक साल के दौरान कोरोना महामारी का मजबूती से मुकाबला किया है जिसके कारण देशभर में इसके मामलों में लगातार कमी हो रही है कोविड वैक्सीन के देशव्यापी टीकाकरण से पहले राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश के तैंतीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में कल टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जाएगा कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल की सराहना करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार देशभर में कोरोना टीकाकरण की दिशा में की जाने वाली तैयारियों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है

उन्होंने कहा कि देश में पिछले दिनों सक्रिय मरीजों की संख्या भले ही बढ़ी है लेकिन कोरोना से होने वाली मृत्यु की दर डेढ़ प्रतिशत से भी कम है इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों की दर छियानवे प्रतिशत से भी ज्यादा हो गई है जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि राज्य में कोरोना टीकाकरण के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स का पंजीयन किया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैक्सीनेटर और प्रतिभागियों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं बर्ड फ्लू अलर्ट प्रदेश में बर्ड फ्लू का अब तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है केरल राजस्थान मध्यप्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है पशुधन विकास विभाग द्वारा राज्य में बर्ड फ्लू के प्रवेश को रोकने के संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों औरं पुलिस अधीक्षकों सहित पशु चिकित्सा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को सीमावर्ती प्रदेशों से पक्षियों के परिवहन पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है साथ ही सभी शासकीय और अशासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों और पोल्ट्री व्यवसाय केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं पश्धन विकास विभाग द्वारा राज्य के सात जिलों में स्थित शासकीय पोल्ट्री फार्मों से एकत्र किए गए नमूनों की जांच में बर्ड फ्लू का कोई भी लक्षण नहीं पाया गया है कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर एम गीता ने बताया कि राज्य में बर्ड फ्लू के प्रवेश को रोकने के विषय में सभी जिलों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं पक्षियों की असामान्य बीमारी और मृत्यु होने की स्थिति में अधिकारियों को सतर्कता बरतने को भी कहा गया है साथ ही बत्तख पालन वाले क्षेत्र और जंगली तथा अप्रवासी पक्षियों के इलाकों में विशेष निगरानी रखने और वन विभाग से समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय अभयारण्य पोखर झील को चिन्हांकित कर उन क्षेत्रों के पास निगरानी के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं जिलों को बर्ड फ्लू से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण रसायन और पीपीई किट तैयार रखने के लिए भी कहा गया है मुख्यमंत्री प्रवास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजिम के फिंगेश्वर में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नामकरण भक्तिन महतारी राजिम दाई के नाम पर करने की घोषणा की है उन्होंने राजिम में निर्माणाधीन धर्मशाला के लिए पचास लाख रुपए की स्वीकृति देने और राजिम माता शोध संस्थान के लिए पांच एकड़ जमीन देने का भी ऐलान किया मुख्यमंत्री आज राजिम में साहू समाज द्वारा आयोजित भक्तिन महतारी राजिम दाई के जयंती महोत्सव में शामिल हुए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि धर्म नगरी राजिम केवल एक शहर नहीं है बल्कि यह पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रतीक है उन्होंने कहा कि यहां केवल तीन नदियों का ही संगम नहीं होता बल्कि सांस्कृतिक संगम भी होता है मुख्यमंत्री ने बताया कि राजिम मेले को व्यवस्थित रूप से आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नये मेला स्थल के लिए चौव्वन एकड़ जमीन का चिन्हांकन कर लिया गया है वहीं मुख्यमंत्री ने कोरबा जिले के जटगा में महाविद्यालय के लिए नया भवन बनाने और रामपुर में नया महाविद्यालय शुरू करने की घोषणा की है गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के पिछले दिनों कोरबा प्रवास के दौरान पाली तानाखार के विधायक मोहित केरकेट्टा ने इस संबंध में यह मांग की थी

वित्त विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं रोकी गई है और इसका भुगतान जनवरी माह से प्रारंभ हो गया है विभाग द्वारा शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों को एक जुलाई दो हजार बीस से ही वार्षिक वेतन वृद्वि स्वीकृत करते हुए इसका भुगतान जनवरी दो हजार इक्कीस के नियमित वेतन से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही बीते एक जुलाई से इकतीस दिसम्बर दो हजार बीस तक की देय एरियर्स राशि का भुगतान भी इसी महीने किया जाएगा धान खरीदी प्रदेश में चालू खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जारी है अब तक उनसठ लाख उनयासी हजार मीटरिक टन से अधिक धान की खरीदी कर ली गई है इस दौरान प्रदेश के लगभग पंद्रह लाख से अधिक किसानों ने धान बेचा है वहीं मिलरों द्वारा पंद्रह लाख चवालीस हजार मीटरिक टन से ज्यादा धान का उठाव कर लिया गया है धान खरीदी का कार्य इकतीस जनवरी तक चलेगा इस बीच प्रदेश के खाद्य सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने रायपुर जिले के धरसीवा कूंरा पंडरभट्टा खैरखूंट और देवरी में संचालित धान खरीदी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत की और धान खरीदी के संबंध में जानकारी ली इधर महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह ने भी आज जिले के पिथौरा बसना और सरायपाली धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण किया इस दौरान कलेक्टर ने खरीदी केन्द्र में धान बेचने आए किसानों से बातचीत कर धान की खरीदी और भुगतान सहित बारदाने की व्यवस्था की जानकारी ली उन्होंने किसानों को बेमौसम बारिश से धान को बचाने के लिए जरूरी उपाय करने को कहा वहीं इसी जिले में अवैध रूप से धान का भंडारण करने वाले चार लोगों पर कार्रवाई की गई है इनके पास से एक सौ बीस बोरा धान जब्त किया गया है जांजगीर भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश में किसानों के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगामी तेरह जनवरी को प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन करेगी वहीं बाईस जनवरी को जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा जांजगीर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधायक नारायण चंदेल ने कहा कि राज्य सरकार के दो साल पूरे हो जाने के बाद भी बहुत से मुद्दों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है इस अवसर पर पार्टी के जिला प्रभारी विधायक रजनेश सिंह और सांसद गुहाराम अजगले भी मौजूद थे लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की चौदहवीं कड़ी का प्रसारण रविवार दस जनवरी को होगा मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार युवाओं से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ रिथित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों और एफएम रेडियो के अलावा क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक किया जाएगा टीबी रोगी खोज अभियान छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रदेश में अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कोरिया जिले में एक जनवरी से टीबी रोगी खोज अभियान शुरू किया गया है इसी कड़ी में आज से जिले के केवराबहरा और सोनहत में आईसीएमआर की टीम द्वारा लोगों की जांच की गई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की टीम मोबाइल वैन के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में टीबी के संभावित मरीजों का पता लगाएगी और इसके बाद उनकी जांच की जाएगी यह जांच मोबाइल वैन स्थापित आधुनिक मशीनों से की जाएगी जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने बताया कि लोगों से अपील की जा रही है कि जिन लोगों में टीबी के लक्षण हैं वे उसे छिपाए नहीं बल्कि उसका इलाज कराएं मौसम प्रदेश में तेज ठंड पड़ने के लिए लोगों को और इंतजार करना पड़ सकता है मौसम विभाग के अनुसार दस जनवरी से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट होने की संभावना है इस संबंध में केंद्रीय मौसम विज्ञान विभाग ने ठंड से बचाव के लिए परामर्श जारी किया है यह परामर्श कृषि पशुधन और आम लोगों को शीतलहर से बचाव के संबंध में है मौसम विभाग के अनुसार इस समय प्रदेश में उत्तरी हवाएं नहीं चल रही है वहीं आसमान में आंशिक बादल छाए रहने के कारण भी न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है संक्षिप्त समाचार पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने आज सुबह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास पर मुलाकात की इस दौरान श्री तन्खा ने बिलासपुर से नई दिल्ली तक सीधी विमान सेवा प्रारंभ करने से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री पंडित विद्याचरण शुक्ल की पत्नी सरला देवी शुक्ल के निधन पर दुख प्रकट किया है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य अभियांत्रिकी सेवा के लिए परीक्षा पंद्रह जनवरी को आयोजित की जाएगी यह परीक्षा रायपुर शहर के निर्धारित चौबीस केन्द्रों में दो पालियों में संपन्न होगी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं कक्षा की प्रक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को आगामी बीस जनवरी तक कक्षा ग्यारह में प्रवेश दिया जाएगा राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्यारह से तेईस जनवरी तक जिला रोजगार और स्व रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर में ऑनलाइन प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा जांजगीर चांपा जिले के पंचायत सचिव और रोजगार सहायक अपनी मांग को लेकर पिछले बारह दिनों से आंदोलन कर रहे हैं भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने भी पंचायत सचियों और रोजगार सहायकों के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है राज्य महिला आयोग द्वारा आज भी राजधानी रायपुर में महिलाओं की प्रताड़ना संबंधी मामलों की सुनवाई की गई दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में दो इनामी सहित सोलह माओवादियों ने लोन वर्राटू अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है दुर्ग जिले के दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत पशु चिकित्सा और पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा और डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज रायपुर में स्नातकोत्तर और पीएचडी तथा कवर्धा के मात्स्यिकी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दस जनवरी है महासमुंद जिले के खैरझिटी गांव में बीती रात दंतैल हाथी एक किसान के घर में जा घुसा हाथी ने घर में रखे धान को नुकसान पहुंचाया और झोपड़ी को भी तोड़ दिया महासमुंद पुलिस ने चार सौ नग हीरे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है पुलिस के मुताबिक यह युवक गरियाबंद जिले के पायलीखंड खदान से हीरों का उत्खनन कर ग्राहक की तलाश में था आरोपी के पास से एक पावर ग्लास तौल मशीन और मोबाइल फोन जब्त किया गया है